मुख्य सचिव श्रीकांत बाल्दी को भेजे गए एक पत्र में केंद्रीय वाणिज्य व उद्योग मंत्रालय के उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग के निदेशक ने बताया है कि इस राशि को इन्वैस्टर मीट का संकल्पना खाका बनाने व सम्पूर्ण आयोजन की योजना सहित अन्य घटकों के लिए मंजूर किया गया है उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने इस विषय को केंद्र सरकार के समक्ष उठाया था पुरस्कार प्रदेश के तीन जिलों शिमला मंडी और सिरमौर को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत जागरूकता व अन्य गतिविधियों के बेहतर प्रदर्शन के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार से नवाजा गया केन्द्रीय महिला व बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने आज नई दिल्ली में एक समारोह में ये पुरस्कार प्रदान किए मण्डी जिला के उपायुक्त ऋग्वेद ठाकुर शिमला के अमित कश्यप और सिरमौर के आरके परूथी ने ये पुरस्कार ग्रहण किए मण्डी जिले को अभियान के तहत एक साल में दूसरी बार राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है उपायुक्त ने इस उपलब्धि के लिए जिले के लोगों को बधाई देते हुए कहा कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान को सफल बनाने में जन सहयोग की अहम भूमिका रही है मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आज नगर निगम शिमला के तीन सेवाओं गर्वनमेंट टू सिटिजन का शुभारंभ किया राज्य सूचना प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा विकसित इन सेवाओं में ऑनलाईन गारवेज चार्जिज कलैक्शन एप्लीकेशन ऑनलाईन बिल्डिंग प्लानिंग और रेंट व लीज एप्लीकेशन शामिल हैं

जयराम ठाकुर ने कहा कि इस सेवाओं का उददेश्य सरकार की कार्य प्रणाली में पारदर्शिता अधिक दक्षता निष्पक्षता और निगम स्तर पर जी टू सी सेवाएं देने के लिए एकल खिड़की प्रदान करना है उन्होंने कहा कि इनके माध्यम से ऑनलाईन भुगतान प्रणाली और भवनों के नक्शों को स्वीकृत करवाने की सुविधा सुनिश्चित होगी और लोगों को नगर निगम के कार्यालय के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे इस अवसर पर शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज और निगम की महापौर कुसुम सदरेट सहित अन्य गणमान्य लोग मौजूद रहे महेन्द्र सिंह टीसीपी कैबिनेट उप समिति ने ग्रामीण क्षेत्रों को प्लानिंग व साडा एरिया से बाहर करने के लिए जनसुनवाई करने का निर्णय लिया है

उन्होंने कहा कि प्लानिंग एरिया में शामिल ग्रामीण क्षेत्र के लोगों की शिकायतों को सुनने के बाद सुझावों के आधार पर समिति अपनी सिफारिशें तैयार करेगी इसके लिए तीन समितियों का गठन किया गया है महेन्द्र सिंह ठाकुर ने बताया कि शिमला जिला में शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज कुल्लू मनाली में वन मंत्री गोबिंद ठाकुर और मण्डी जिले में वे स्वयं लोगों की शिकायतें सुनेंगे विपिन परमार स्वास्थ्य मंत्री विपिन परमार ने कहा है कि यूनिवर्सल प्रोटैकशन हैल्थ स्कीम के माध्यम से लोगों को लाभान्वित किया जा रहा है वे आज चंबा जिला के जनजातीय क्षेत्र भरमौर बस स्टेंड से भरमौर कुगती पालमपुर रात्री बस सेवा शुभारंभ और हिमुडा द्वारा निर्मित सामुदायिक व वाणिज्य भवन का लोकार्पण करने के बाद बोल रहे थे

इससे पहले स्वास्थ्य मंत्री ने मणिमहेश यात्रा का जायजा लिया और डलझील भरमाणी माता जाकर पूजा अर्चना की सैजल सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री राजीव सैजल अधिकारियों को विकास के लिए समीक्षा बैठकों के महत्व को समझने की सलाह दी है अनुसूचित जाति उपयोजना की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए आज सोलन में उन्होंने कहा कि ऐसी बैठकों का आयोजन सरकार की प्रतिबद्धताओं को पूरा करने की दिशा में महत्वपूर्ण है राजीव सैजल ने कहा कि सरकार की योजनाओं के सुचारू कार्यान्वयन के लिए सरकार जिला प्रशासन और विभिन्न विभागों के अधिकारियों व कर्मचारियों का तालमेल होना जरूरी है मणिमहेश चंबा जिला की प्रसिद्ध मणिमहेश यात्रा आज राधा अष्टमी के पर्व पर डलझील में शाही स्नान के साथ सम्पन्न हो गई

इसमें सबसे पहले भरमौर के संचुई क्षेत्र के शिव भक्तों ने मणिमहेश डलझील को पैदल पार किया इसके बाद अन्य श्रद्वालुओं ने झील में आस्था की डूबकी लगाई बाद में श्रद्वालुओं ने भगवान शिव के मन्दिर में माथा टेका और कैलाश पर्वत के दर्शन किए इस वर्ष मणिमहेश यात्रा के दौरान देश के विभिन्न राज्यों से लाखों श्रद्धालुओं ने हिस्सा लिया